पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वाजंलि देने के लिये आज शाम प्रदेश भाजपा की ओर से जयपुर में सर्वदलीय प्रार्थना सभा आयोजित की जायेगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सभी राजनैतिक सामाजिक संगठनों और समाजों के प्रतिनिधियों से सभा में हिस्सा लेने की अपील की है इधर श्री वाजपेयी के अस्थिकलश कल दिल्ली से जयपुर लाये जायेंगे गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में भी किया जायेगा केरल राज्य के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये कांग्रेस पार्टी के सांसद और विधायक अपने एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कोष में जमा करायेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने ये जानकारी दी इधर राज्य विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये अपना एक दिन का वेतन देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से बांसवाडा जिले के ग्रामीण परिवारों का भी अपने घर का सपना साकार हुआ है

अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा ईद्लजुहा के मौके पर कल खोला जाएगा साल में खास मौकों पर खुलने वाला यह दरवाजा इस दिन तड़के सुबह चार बजे खुलेगा और खिदमत के बाद दोपहर करीब ढाई बजे तक बंद कर दिया जाएगा बंकरीद को देखते हुए दरगाह क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है और बकरा मंडी में बकरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है इधर ड्रंगरप्र जिले में बोहरा समाज ईद का त्यौहार आज मना रहा है इस अवसर पर डूंगरपुर की दो मस्जिदों और गलियाकोट की मस्जिद में सामुहिक नमाज अदा की जायेगी वहीं बांसवाडा में भी दाउदी शिया और बोहरा समाज के लोगों ने आज सामुहिक नमाज अदा की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है

सीकर के फतेहपुर में अब स्थिति सामान्य हो गई है दो समुदायों के बीच विवाद के बाद यहां तनाव पैदा हो गया था

प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है ओर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

विनेश एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है

वहीं कल निशानेबाजों दीपक कुमार और लक्ष्य श्योरण ने भारत को रजत पदक दिलाये